केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और केन्द्रीय मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने कहा है कि केन्द्र द्वारा बनाये कृषि कानून किसानों के हित में है कानूनों का विरोध किसान नहीं कांग्रेस कर रही है

उन्होंने कहा कि प्रद्वषण का एक कारण पराली को आग लगाना है और केन्द्र सरकार ने पराली को जलाने के लिए मशीनें उपलब्ध कराई है उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दवारा फसल के अवशेषों का मिटटी में विघटन करने के लिए तैयार की गई नई डी क्म्पोसर मशीन का परीक्षण किया जायेगा श्री जावड़ेकर पंजाब हरियाणा दिल्ली और अधिकारी और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे यह बैठक इन राज्यों में प्रद्वषण के स्तर नियंत्रित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों की कार्ययोजनाओं पर विचार विमर्श को करने के लिए की गई है श्री जावड़ेकर ने लोगों को प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में उनका सहयोग करने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को भारत के शैक्षिक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए माई एन ई पी प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतियोगिता नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अनूठे पहल्ओं को सांझा करने का एक दिलचस्प तरीका है

इसमें प्रथम प्रस्कार में दस हजार दितीय प्रस्कार में पांच हजार तृतीय प्रस्कार में तीन हजार और विशेष उल्लेखनीय प्रस्कार के रूप में एक हजार रूपये दिये जायेंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र सरकार दवारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं और किसानों की आय को दोग्ना करने में यह मील का पत्थर साबित होंगे इन कानूनों का कोई भी किसान विरोध नहीं कर रहा बल्कि जो भी विरोध हो रहा है वह विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित है वह आज फरीदाबाद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षो में किसानों के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिये गये है इनमें मुदा स्वास्थ्य कार्ड फसल बीमा योजना किसानों के खाते में छह हजार किसान सम्मान राशि हर वर्ष देने सहित कई योजनाएं शामिल हैं उन्होंने कहा कि आज विपक्ष हताश व निराश है और वह किसानों को भडक़ाकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहता हैं श्री गूर्जर ने कहा कि न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा और मंडियों की व्यवस्था भी पहले की तरह ही बनी रहेगी केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार दवारा बनाये गये कृषि कानून किसानों के हित में है वे आज ग्रूग्राम में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कानून बनाकर किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आज़ादी दी गई है और सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही काम कर रही है

उन्होंने कहा कि पहले वामपंथी दल विरोध करते थे और अब कांग्रेस कर रही है

उन्होंने कहा कि आज इन कानूनों का विरोध किसान नहीं कांगेस कर रही है

आज फरीदाबाद और यम्नानगर जिले में दो दो सिरसार व अम्बाला जिले में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्यु हुई है

पत्रसूचना कार्यालय ने कहा कि ऐसा कोई भी फार्म बांटना गैर कानूनी है और इस योजना के तहत कोई नकद राशि नहीं दी जा रही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हंरियाणा में कई कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है

भिवानी पलवल व अन्य जिलों से भी स्वच्छता पखवाड़े के दौरान साफ सफाई के कार्य किये जाने के समाचार मिले है रोहतक में आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शहीद मदन लाल शींगरा सामुदायिक केन्द्र में स्वदेशी उत्पादकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई

हरियाणा के नव निय्क्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया इस मौके पर उन्होंने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना कार्य ईमानदारी सहान्भूर्ति और निश्चित समय अवधि में पूरा करने के लिए कहा